वस्तु और सेवाकर जीएसटी की आज दूसरी वर्षगांठ रिटर्न भरने की नई व्यवस्था भी आज से प्रायोगिक तौर पर होगी शुरू

प्रदेश में भी गहराते जल संकट से निपटने के लिए आज से सभी जिलो में जल शक्ति अभियान चलाया जायेगा

अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती विभाग राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन जल संरक्षण परम्परागत और अन्य जलाशयों का जीर्णोद्वार और सघन वृक्षारोपण के कार्य बड़े पैमाने पर किए जाएंगे गौरतलब है कि कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से जल संरक्षण के लिए जनआंदोलन शुरु करने का आह्वान किया था उन्होंने लोगों से जल की एक एक बूंद बचाने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में जानकारी देने के लिए हैश टैग जन शक्ति फॉर जल शक्ति का उपयोग करने का अनुरोध किया

इंडियन ऑयल कॉपोरेशन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी दरों में गिरावट के बाद यह निर्णय लिया गया है

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह के हस्तांतरण पर कोई भी शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है इधर आज से ही रेलवे की समय सारणी में भी बदलाव किया गया है लगभग ढाई सौ रेलगाडियों के समय में फेरबदल हुआ है वस्तु और सेवा कर जी एस टी की आज दूसरी वर्षगांठ मनायी जायेगी वित्त और कम्पनी मामलों के केन्द्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आज से रिटर्न भरने की नई व्यवस्था प्रयोग के तौर पर शुरू होगी और एक अक्टूबर से यह अनिवार्य हो जायेगी इसमें छोटे करदाताओं के लिए सहज और सुगम रिटर्न का प्रस्ताव किया जायेगा भारतीय जनता पार्टी भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर जयपुर सहित विभिन्न जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जयपुर में प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में पूर्व प्रदेश अध्यक्षता ड़ा अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि इस अभियान को सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति संस्थाओं और समितियों तक जाकर पार्टी का सदस्य बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जायेगा

प्रदेश में इस अभियान की शुरूआत सात जुलाई को जयपुर के नारायणसिंह सर्किल स्थित तोत्रका भवन में की जायेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है यहां मांग से अधिक बिजली का उत्पादन भी हो रहा है श्री गहलोत ने कल बारां जिले में छबड़ा सुपर किटिकल थर्मल पावर स्टेशन की पांचवी और छठी इकाई का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही

प्रदेश के तकनीकी शिक्षा सूचना और जनसम्पर्क राज्य मंत्री डा सुभाष गर्ग बताया है कि देश भर में राजस्थान से कोलोबरेटिव रिसर्च स्कीम के तहत सबसे ज्यादा परियोजनाओं का चयन किया गया है श्री गर्ग कल जयपुर में तकनीकी शिक्षा भवन में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की शासी परिषद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की समीक्षात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे

जो प्रदेश के तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य आज से तीन महीने के लिये बंद हो गये है सरिस्का और रणथम्भौर अभ्यारण्य में अब पर्यटक एक अक्टूबर से घूम सकेंगे

उधर पर्यटकों की सुविधा के लिये दोनों ही अभ्यारण्यों में बफर जोन खुला रहेगा वन अधिकारियों ने बताया कि मानसून के दौरान तीन महीने का समय वन्य जीवों के प्रजनन का होता है इसलिये पर्यटकों का प्रवेश बंद किया जाता है

गौरतलब है कि इस विश्वकप ट्र्नामेंट में भारत की यह पहली हार है

प्रदेश में कल शाम भी कई स्थानों पर बारिश हई प्रतापगढ के ग्रामीण अंचलों में खेतों में पानी भर गया जलाशयों में पानी की आवक हुई

दौसा जिले में भी कल बारिश के साथ तेज अंघड आया जिससे कई स्थानो पर पेड और बिजली के खम्मे गिर गये इस दौरान रामगढ़ पचवाडा इलाके के श्यामपुरा में एक मकान की दीवार गिरने से उसके नीचे पांच बच्चे दब गये बच्चों को लालसोट के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से चार बच्चों की गंभीर हालत देखते हुए जयपुर रैफर किया गया